निर्वाचन आयोग जयपुर में बनाएगा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरुकता केन्द्र राज्य मंत्रीमंडल की बैठक सम्पन्न मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की भी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में विशेष ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश जारी किये प्रदेश में किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू जालोर सिरोही और चूरू में अच्छी बारिश प्रदेश में अन्य जिलों में धीमा पड़ा बारिश का दौर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्वभर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुडे रहें मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हों पत्रकारों को जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशाा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

इस केन्द्र का निर्माण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा इस केन्द्र के माध्यम से राजस्थान के अलावा हरियाणा पंजाब तथा मध्यप्रदेश में मतदान जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मतदाता सुचियों के विशेष पुनरीक्षण संबंधित कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यदा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जागरुक किया जाए

मुख्यमंत्री आवास पर अब राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना तथा राज्य की आर्थिक स्थिति समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है बैठक में पर्यटन नीति समेत आठ विभागों के लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर विचार किया गया

इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघ् शर्मा मुख्य सचिव कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पुलिस विभाग के आला अधिकारी जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए

कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कार्य क्षेत्रवार करने के लिए आशा एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तीन दल गठित करने के निर्देश दिये गये हैं इस दल में रैंडम सेंपलिंग के लिए प्रशिक्षित नर्सिकर्मियों को शामिल किया जाएगा पांच पंचायतों पर ऐसा एक दल गठित होगा

इस बीच भाजपा नेता और उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ कोरोना संक्रमित हो गए हैं श्री राठौड़ ने एक टवीट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोग स्वयं की जांच करवाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से संक्रमित हुए मंत्री और विधायकों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी दी

बोर्ड ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही मास्क लगाकर आने को कहा गया है

बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया है

श्री मिश्र वाराणसी के एक कॉलेज की ओर से आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मातभाषा का स्थान सर्वोच्च होता है

शुन्यकाल भी कृछ प्रतिबंध रहेंगे

दोनों सदन शुक्रवार और रविवार को भी काम करेंगे कोविड महामारी को देखते हए दोनों सदनों की बैठक दो पारी में सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पारी में होगी

प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सैल्सियस तक गिरा है वहीं रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने कल बूंदी चित्तौडगढ ड्रंगरपुर राजसमंद टोंक उदयपुर जोधपुर पाली तथा नागौर में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है